मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या और गोण्डा जनपद में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यो का लिया जायजा देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो लाख इकत्तीस हजार से अधिक कोविड नाइन्टीन नमूनों की जांच की गई मरीजों के ठीक होने दर अट्ठावन दशमलव पांच छह प्रतिशत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा ही ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखरकर सामने आया है प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में यह बात कही भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखरकर निकलने का रहा है सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्राताओं ने भारत पर हमला किया उसे संकटों में डाला लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी भारत की संस्कृति ही समाप हो जाएगी लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गोरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे

उसने आज शांति और विकास में भूमिका को और मजब्रत किया है दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रमुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लद्दाख में भारत की भूमि पर आँख उताकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है श्री मोदी ने बिहार के शहीद जवान कुंदन कुमार के पिता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवारों की यह भावना अनुकरणीय है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है भारत आत्मनिर्मरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है साथियो कोई भी मिशन पीपुल्स पार्टिसिपेशन जनभागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसीलिए आत्मनिर्मर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अदरक हल्दी और अन्य मसालों की मांग न केवल भारत में बल्कि अमरीका में भी बढ़ गई है श्री मोदी ने कहा कि मॉनसून अब देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों में वर्षा को लेकर बहत उत्साह और आशा है उन्होंने कहा कि यदि अच्छी वर्षा होती है तो किसानों को बेहतर उपज मिलेगी और वातावरण भी हरियाली से भरेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बडे पैमाने पर संचय करें प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि गणेश चत्र्थी के दिन पर्यावरण के अनुरूप गणेश की प्रतिमायें बनायें सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से दो हजार बीस में आई चूनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं नई चुनौतियां आई अनेक संकट आए तेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा

तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्वांजलि भी दी पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की तो बाकी घर में कैसे समय बितायें इसके बारे में जो बताया यह बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिये कल आयोध्या पहुंचे उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किये और परिसर में बनी वाटिका में पौधरोपण भी किया अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल पहुंच कर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल लिया अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यो कोविड नाइन्टीन तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोण्डा दौरे के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने जिले में बाढ़ राहत कार्यो का मौके पर जायजा लिया और जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया उन्होंने जिला अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों से व्यवस्था की जानकारी ली प्रदेश के कुछ जिलों में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिये अभियान जारी है राज्य सरकार ने कृषि विभाग के सहयोग से कल आगरा सहित कुछ जिलों में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर किसानों को टिड्डियों से निजात दिलायी प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बाचतीत में बताया जो कीटनाशक रसायनों का उपयोग होता है टिड़ढ़ी दलों को मारने के लिये वह हम लोगों ने सब जगह उपलब्ध करा दिये हैं जो हमारा स्ट्रजिक होती है रात्रि काल से लेके प्रातः काल तक जब ये बैठती है पेड़ों पे या नीचे बैठती हैं उनको तभी मारा जाता है और इसमें हम लोग के कृषि रक्षा विभाग के हमारे जा अधिकारी है कर्मचारी हैं वे लगते हैं फायर ब्रिगेड में हम लोग रसायन भरने पानी के साथ मिलाकर उसका छिड़कात करते हैं पेड़ों पर

उसका उपयोग करके हम लोग इसको रात में मारते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो लाख इकत्तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है अब तक देश में कुल बत्तीस लाख नमूनों की जांच हो चूकी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली एक हजार छत्तीस नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं जिनमें सात सौ उन्चास सरकारी और दो सौ सत्तासी निजी प्रयोगशालाएं हैं मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे कोविड रोगियों और स्वस्थ हो चुके लोगों के बीच का अंतर एक लाख से अधिक हो चुका है देश में तीन लाख नौ हजार से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हो च्रके हैं स्वस्थ होने की दर अट्ठावन दशमलव छपन्न प्रतिशत पर पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड के तेरह हजार आठ सौ बत्तीस मरीज उपचार से ठीक हो चुके हैं मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में कोरोना के दो लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं ये सभी चिकित्सा निगरानी में हैं मंत्रालय के अनुसार दो हजार चार सौ कोविड स्वास्थ्य केंद्र काम करना शुरू कर चूके हैं इसके अलावा नौ हजार पांच सौ से अधिक कोविड देखभाल केंद्रो में देश में इस महामारी से लड़ने के लिए आठ लाख चौतीस हजार से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं